सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में कोविड मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है राज्य में कोरोना के तेरह सौ अड़सठ नये मामले सामने आये जबकि दो सौ निन्यानवे कोरोना मरीज स्वस्थ हुए स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा चार सौ निन्यानवे कोरोना के नये मरीज लखनऊ में मिले वाराणसी में पचहत्तर प्रयागराज में सत्तावन कानपुर नगर में तिरपन और गौतमबुद्व नगर में छियालिस तथा मथुरा में इकसठ नये मरीज मिले राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या नौ हजार एक सौ पंचानवे है अब तक प्रदेश में तीन करोड़ छियालिस लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई जिसमें से तीन करोड़ चालिस लाख से अधिक नमूने निगेटिव पाये गये राज्य में अब तक छः लाख पन्द्रह हजार अठहत्तर नमूने पॉजिटिव मिले जिसमें से पांच लाख सत्तानबे हजार छः सौ उन्नीस लोग स्वस्थ हो गये कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने राज्य के कक्षा एक से कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों को चार अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है सरकार ने कोविड टीकाकरण के दिन अपने कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी देने का फैंसला किया है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए इस तरह की छुट्टी की व्यवस्था करने को कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा है देश में अब तक छ करोड तीस लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल उन्नीस लाख चालीस हजार से अधिक टीके लगाए गये इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव एक एक प्रतिशत हो गई है मंत्रालय ने कहा कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान इकतालीस हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढकर एक करोड चौदह लाख हो गई है केन्द्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वह कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्रवाई योजना बनायें राज्यों से कहा गया है कि वह इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केन्द्रों की स्थापना करें इन केन्द्रों की टीम चौबीसों घंटे संक्रमण के फैलाव वृद्धि और संकेतकों की निगरानी करे राज्यों को मामलों के मानचित्रण क्षेत्रवार समीक्षा और कटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है कोविड के बढ़ते मामलों के मदेनजर राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि प्रशासन को कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन कराना चाहिए संक्रमण के अधिक मरीज वाले सभी जिलों में शत प्रतिशत टीकाकरण कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जानी चाहिए नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है महानिदेशालय ने बताया है कि कुछ हवाई अड्डो पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है जो संतोषजनक नहीं है सभी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि ये यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने नाक और मुंह ढकने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने को सुनिश्चित करें महानिदेशालय ने हवाई अड्डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को भी कहा है

इस अमियान के अन्तर्गत न सिर्फ स्कूलों में पढ़ाई के स्तर में व्यापक सुधार हुआ है वरन् विद्यालयों की इमारतों की भी मरम्मत करके उन्हें सजाया संवारा गया है सरकार के इन प्रयासों ने प्राथमिक विद्यालयों और यहां के शैक्षिक माहौल को बदल कर रख दिया है श्रमिकों और गरीबों के बच्चे भी इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करते नजर आते हैं गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है कई जगहों पर तापमान अभी से सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच गया है उधर तापमान में बढ़ोत्तरी के कारण प्रदेश के कई स्थानों में फसलों में आग लगने के चलते भारी नुकसान के समाचार मिल रहे है बुन्देलखंड के झांसी में अधिकतम तापमान बयालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जो कि मार्च महीने में पिछले दस सालों में सबसे ज्यादा तापमान है मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से फिलहाल राहत की संभावना नहीं है